प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं करना पड़ेगा अब ज्यादा इंतजार

केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ करेगी छठे दौर की वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के ब्नियादी ढांचे में सुधार के लिए द्नियाभर से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइप लाइन परियोजनाओं के अंतर्गत सौ लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इक्फास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उदघाटन करने के बाद बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से बनने वाली इस मेट्रो परियोजना से आगरा में उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मिशन को बल मिलेगा आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग एक हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौमाग्य मिला था वो भी बनकर तैयार है मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ अब आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविघाओं के निर्माण से जुर्ड़ मिशन को और मजबूत करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या यह है कि नई परियोजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता कि पैसा कहां से आएगा श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाने पर है और आगरा में मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत अब यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में चौंतीसवें स्थान पर है प्रधानमंत्री ने बताया कि दो हजार चौदह के बाद चार सौ पचास किलोमीटर मेट्रो लाइन का परिचालन किया गया उन्होंने यह भी बताया कि एक हजार किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि देश के सत्ताईस शहरों में इस पर काम जारी है बीते छह सालों में यूपी के साथ ही भी पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से मेरठ तक पहली रैपिड रेल प्रणाली निर्माणाधीन है और राज्य के पश्चिमी भाग में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सहित कई अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं देश का पहला रेपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है यही नहीं यूपी में दर्जनों एयर फॉर्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भवन निर्माताओं और घर खरीदारों के बीच कम विश्वास था उन्होंने कहा कि क्छ गलत इरादे वाले लोग मध्यम वर्ग को परेशान करते हुए समूचे संपदा क्षेत्र को बदनाम करते हैं उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए भू संपदा अधिनियम कानून लाया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहा है और अब इसका ज्यादा इंतजार नहीं करना पडेगा उन्होंने कहा कि लोगों को तब तक उचित सुरक्षित दूरी के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए जब तक यह वैक्सीन नहीं आ जाती आगरा मेट्रो परियोजना उन्तीस दशमलव चार किलोमीटर लंबी है और इसमें दो गलियारे हैं जो ताजमहल आगरा किला तथा सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जुडेंगे इस परियोजना से शहर की छब्बीस लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा और हर साल आगरा आने वाले साठ लाख से अधिक पर्यटकों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा इस परियोजना की अनुमानित लागत आठ हजार तीन सौ उन्यासी करोड़ रूपए है और यह पांच वर्षों में पूरी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पिछले छह वर्षो में किसानों के कल्याण के लिये क्रांतिकारी कदम उठाये हैं कुछ राजनीतिक दल कृषि कानूनों के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा कृषि कानूनों का विरोध और भारत बंद के समर्थन से उनका दोहरा चरित्र स्पष्ट हो जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राजनीतिक दल आज एपीएमसी कानूनों का विरोध कर रहे हैं उन्हीं दलों ने इन कानूनों की वकालत की थी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस कानून का विरोध कर रही है वहीं कानून यूपीए सरकार लेकर आई थी उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्यों को पत्र लिखकर एपीएमसी एक्ट को किसानों के लिये फायदेमंद बताया था मुख्यमंत्री ने आज के भारत बंद के मद्देनजर कल देर रात सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी किसान संगठनों और उनके नुमाइंदों के साथ स्थानीय स्तर पर बातचीत करें और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को हल करें

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री ने कहा कि भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी इस कानून का समर्थन किया था श्री योगी ने कहा कि भारत सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते खुले रखे हैं उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब किसानों के समर्थन में कन्नौज जाने से रोका गया तो वे धरने पर बैठ गये और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया श्री यादव को बाद में रिहा कर दिया गया केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है